राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नेताओं को भारी पड़ेगी श्री गांधी ने दतिया में मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर यदि कोई नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेगा तो उसे तत्काल पद से हटा दिया जाएगा भले ही वह मुख्यमंत्री पद पर क्यों न काबिज हो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं और मंत्रियों और मुख्यमंत्री के दरवाजे उनके लिए हमेशा खूले रहना चाहिए इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे श्री गांधी आज से शुरू हुए अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान ग्वालियर और चंबल संभाग में छह जनसभाओं को संबोधित करने के साथ चार रोड शो करेंगे

श्री शाह आज सतना जिला मुख्यालय पर आयोजित कमल शक्ति महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं की बराबरी के हक के लिये लाये गये तीन तलाक अधिनियम का भी विरोध किया लेकिन नारी सशक्तिकरण और नारी स्वावलंबन को लेकर मोदी सरकार ने अनेक योजनायें लागू कीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने नौ महिलाओं को न केवल मंत्री बनाया है बल्कि छह महिलाओं को राज्यपाल बनाने का भी काम किया है भाजपा सरकारें महिलाओं के लिए अनेक योजनायें चला रही हैं

ये भेंट एक ऐसे समय में हुई है जब देश के चार प्रमुख महानगरों में ईंधन के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं दुनिया भर में खनिज तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से परिवहन के काम आने वाले ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तेल के मूल्यों में आबकारी शुल्क में एक रूपये पचास पैसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था इसके साथ ही तेल की बिक्री करने वाली सरकारी कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक रूपये प्रति लीटर की कमी की निर्वाचन जागरुकता शिवप्ररी जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किए जाने के संबंध में जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिले में कल महिला एवं बाल विकास परियोजना खनियां धाना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए

चुनाव प्रशिक्षण शहडोल जिले में मतदान दलों के प्रशिक्षण का काम शुरु हो गया है

इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की रही

इन सभी को वीवीपैट ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया कार्यभार सौंपा मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह अतिरिक्त प्रलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान की सेवाएँ केन्दीय गृह मंत्रालय को सौंपी हैं श्री सिंह को केन्द्र सरकार में कार्यभार ग्रहण करने पर केन्दीय सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त प्रलिस महानिदेशक बनाया जायेगा भारतीय प्रलिस सेवा के एक अन्य अधिकारी संजीव शमी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान का प्रभार दिया गया है श्री शमी वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक काउंटर इन्टलीजेन्स एसटीएफ का कार्य देख रहे हैं

खाद्य सामग्री के मूल्यों और पेट्रोल तथा डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ है

सरकारी तौर पर आज जारी किये गए आकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में खाने पीने की वस्तुएं शून्य दशमलव दो एक प्रतिशत महंगी हुईं पांच दशमलव एक तीन फीसदी की मुद्रास्फीति दो महीनों के दौरान सबसे अधिक है अपनी चौथी मौद्रिक नीति की समीक्षा में पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में यथास्थिति बनाये रखी थी

इसके अंतर्गत गांवों के परिवारों और समुदायों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गांवों में रहने वालों की आजीविका में सुधार हो और उनके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की जाती है इस वर्ष का विषय है टिकाऊ ढांचागत व्यवस्था पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता के लिए सेवाएं और सामाजिक संरक्षण तथा ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण इस विषय के तहत टिकाऊ विकास के लक्ष्यों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को महत्व दिया गया है स्टीमर निगरानी मुरैना जिले में आचार सहिंता लागू होने के साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन ने चंबल नदी से लगी उत्तरप्रदेश और राजस्थान की सीमा के घाटों पर स्टीमरों से निगरानी शुरू कर दी है पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि चंबल नदी के घाटों पर निगरानी के दौरान स्टीमरों पर पुलिस बल के साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये है जिनमें नाइट बिजन है जो रात में दूर दूर तक चंबल नदी से निकलने वाले लोगों की गतिविधियों को कैद करेंगे

बताया जा रहा है कि ये राशि एक निजी फायनेंस कम्पनी से जुड़ी है उन्होंने बताया कि मामला आयकर विभाग को जांच के लिए सौपा गया है नवरात्रि आज नवरात्रि का छठवां दिन है राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है भोपाल में दुर्गा पाण्डालों में मां दूर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं विराजीत हैं वहीं शहर में गरबारास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है नरसिंहपुर जिले में देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है करेली में मां दुर्गा की पढ़ाई का संदेश देने वाली झांकियां लगाई गई हैं वहीं आगरमालवा जिले के नलखेडा स्थित बगलामुखी मंदिर में देशभर से श्रद्वालु पहुंच रहे हैं

ज़िला प्रशासन द्वारा मिठाई के डिब्बों के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है